प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुई इस बैठक में वित्त मंत्रालय के विभिन्न विभागों ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि श्री मोदी ने अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण मानकों और इस साल अब तक जारी आर्थिक आँकड़ों पर संतोष व्यक्त किया भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज पाली और जोधपुर जिलों के एक दिवसीय दौरे पर है पाली में दो और जोधपुर शहर में प्रस्तावित तीन प्रमुख कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ ही वे मसूरिया मंदिर में बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ के दर्शन करेंगे श्री शाह पाली में शक्ति केन्द्र सम्मेलन को संबोधित करेंगे इसके बाद उनका संभाग स्तरीय अन्य पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने का कार्यक्रम है कार्यक्रम के बाद वे जोधपुर जाएंगे और शक्ति केन्द्र संयोजक तथा कार्यकर्ताओं के संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे बाद में संभाग स्तर के युवाओं से युवा सम्मेलन में चर्चा करेंगे श्री शाह प्रबुद्धजन सम्मेलन और काव्यांजलि कार्यक्रम में भी भाग लेंगे केन्द्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड की सांसद उप यात्रा आज कोटप्तली विराटनगर और बानसूर में निकाली जा रही है इससे पहले कल यात्रा जमवारामगढ़ में गयी थी

श्री नड्डा ने कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत श्रमदान करने के बाद ये बात कही चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को निरंतर मरीजो को भर्ती कर उपचार करते रहने की सलाह दी है स्वास्थ्य बीमा एजेंसी के संयुक्त कार्यकारी अधिकारी आशीष मोदी ने बताया कि निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ही चिकित्सालयों को उपचार के बदले भुगतान किया जा सकेगा उन्होने बताया कि बीमा कंपनी के साथ बातचीत चल रही है बीमा कंपनी द्वारा मनमानी कर चिकित्सालयों के भूगतान रोकने या देरी करने को लेकर विभाग सजग है उन्होंने बताया कि अस्पतालों के लंबित भुगतान की स्थिति को देखते हुए वाजिब कदम उठाये गये हैं और अस्पतालों को पहले की तरह निरंतर उपचार करते रहने की सलाह दी गई है देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल प्रदेश के दौरे पर आयेंगे राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कमार ने बताया कि इस दौरान चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा भी उनके साथ रहेंगे

देश की सहकारिता क्षेत्र की सबसे बड़ी उर्वरक कंपनी इफको के प्रबंध निदेशक उदय शंकर अवस्थी ने कहा है कि फसलों की पैदावार बढाने के लिए अब उनकी कम्पनी नैनो उर्वरक का उत्पादन करेगी श्री अवस्थी ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि इफको जल्दी ही एक ऐसा नैनो उर्वरक लायेगा जिसका मात्र दो ग्राम एक टन उर्वरक की शक्ति के बराबर होगा उन्होंने कहा कि नैनो उर्वरक पर शोध के लिए उनकी कंपनी ने गुजरात के कलोल में प्रयोगशाला की स्थापना की है हनुमानगढ़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज हनुमानगढ़ जंक्शन में विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है

शिविर में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने के साथ ही योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है